हमारे संवाददाता ने बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उनके समर्पण वैश्विक आर्थिक वृद्वि की मजबूती के लिए किये गये प्रयासों और भारत में विकास को गति देने के लिए श्री मोदी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिष्ठित पुरस्कार देने और भारत के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी के लिए दक्षिण कोरिया का आभार प्रकट किया है उन्होंने पुरस्कार स्वीकार कर लिया है

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उत्तरप्रदेश के चार आकांक्षी जिलों से होकर गुजरने वाले इस रेल मार्ग के बनने से बौद्व पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा

लेकिन सबसे बड़ी जो इस प्रोजेक्ट की बात है कि उत्तर प्रदेश के चार एस्पीरेशनल डिट्रिक्स जिसे आप जानते हैं अन फिफ्टीन एज बिन सेलेक्टेड उससे गुजरेगा बहराइच बलरामपुर श्रावस्ती सिद्वार्थनगर संतकबीरनगर और बहुत जो बुद्विप्ट सर्किट के भी डिप्ट्रिक्स हैं उधर से भी गुजरेगा श्री प्रसाद ने बताया कि आर्थिक मामलों की समिति ने आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिदिन का विज़िट चार्ज बढ़ाया है इस फैसले से स्वास्थ्य से जुड़े एक करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा आशा वर्कर के लिए एक और बड़ी उम्मीद के साथ फैसला किया गया है

समिति ने सात हजार पांच सौ करोड़ रूपये की लागत की मछली पालन बुनियादी ढांचा विकास निधि बनाने की भी मंजूरी दी है इससे देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा केन्द्र सरकार ने कहा कि सी बी आई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है और इसकी संस्थागत सत्यनिष्ठा बनाये रखना पहली शर्त है वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सी बी आई के दो शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगना असाधारण स्थिति है श्री जेटली ने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई करने और सी बी आई की संस्थागत ईमानदारी बनाये रखने के लिए दोनों अधिकारी अंतरिम उपाय के तौर पर अवकाश पर रहेंगे उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश और सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य सी बी आई की संस्थागत सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता बहाल करना है

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजनाओं की गहन समीक्षा की श्री गडकरी ने कहा कि बड़ी तेजी से काम हो रहा है और नमामि गंगे कार्यक्रम काफी सफल रहेगा

यदि वह यह घोषणा पत्र जमा नहीं करते तो सट्टा पर्वी बंद करते हुए उन्हें पेराई संत्र दो हजार अट्ठारह उन्नीस के दौरान गन्ना आपूर्ति से वंचित कर दिया जायेगा और उन्हें किसी भी चीनी मिल की गन्ना आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी

इनमें से दो चिकित्सालय शहरी क्षेत्रों तथा चौदह ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी विश्वेन्द्रनाथ द्विवेदी ने बताया कि सभी अस्पतालों के लिए भूमि चिन्हित कर के शासन को प्रस्ताव मेज दिया गया है नये चिकित्सालय खुलने के बाद जनपद में होम्योपैथिक पद्वति के तीस चिकित्सालय हो जायेंगे आदिकवि और रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्वा पूर्वक मनायी गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को वाल्मीकि जयंती की बधाई दी है प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर मात्यार्पण किया और पूजा अर्चना की कई स्थानों पर गोष्ठियों के आयोजन किये गये जिनमें वक्ताओं ने महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में स्मरण किया